जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रदेश के विभिन्न भागों में जनमंच कार्यक्रम कल प्रदेश उच्च न्यायालय में अनुपातिकता सिद्धांत पर हुआ व्याख्यान ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने किया वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये घोषणा की जयराम ठाकुर ने कहा कि पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आए उछाल को रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर जनता को राहत पहुंचाई है

जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों भारी वर्षा से प्रदेश में क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमागों सहित अन्य सड़कों को सुधारने का कार्य जारी है और अभी इसमें समय लगेगा पार्टी के अभ्यास वर्ग में वनमंत्री गोविंद ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा और भाजपा विधायक सुरेन्द्र शौरी व किशोरी लाल सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे जनमंच जनसरोकार को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकार के मंत्री जनसमस्याएं सुनकर उनका निपटारा करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सिराज में होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार इस बार खराब मौसम से प्रभावित जिला लाहौल स्पिति में जनमंच कार्यक्रम नहीं हो पाएगा

हालांकि उदयपुर उपमण्डल के अधिकतर हिस्सों में बिजली बहाल कर दी गई है बिजली विभाग के सहायक अभियन्ता प्रेम ने बताया कि आगामी तीन चार दिन में केलंग में जबकि पूरी लाहौल घाटी में एक सप्ताह में बिजली बहाल कर दी जाएगी केलंग से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक लाहौल घाटी में जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है और बर्फ हटाकर अधिकतर सड़कें बहाल कर दी गई हैं

आकाशवाणी शिमला द्वारा गेयटी थियेटर में आयोजित संगीत सम्मेलन का शुभारम्भ आकाशवाणी शिमला के कार्यक्रम प्रमुख राजकुमार शर्मा शिमला द्रदर्शन की कार्यक्रम प्रमुख अर्पणा गुप्ता और अभियांत्रिकी प्रमुख विकास भट्ट द्वारा किया गया इस सम्मेलन में प्रख्यात शास्त्रीय गायक सुहास व्यास ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और देश की एकमात्र महिला संतूर वादक श्रृति अधिकारी ने मनमोहक प्रस्तुति दी इसके अलावा ओमकार नाथ गूलवाड़ी और मिथिलेश झा ने तबले पर जबकि परोमिता मुखर्जी ने हारमोनियम पर संगत दी इस दौरान गेयटी थियेटर में आकाशवाणी अभिलेखागार से संगीत के दुर्लभ संकलन की सीडी बिक्री के लिए रखी गई थी बाली पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने पैट्रोल और डीजल के दामों में पांच रूपए की कटौती का स्वागत किया है

बाली ने मंडी के सुंदरनगर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित प्रोजैक्ट रिपोर्ट जनता के समक्ष रखने की भी मांग की है व्याख्यान प्रदेश उच्च न्यायालय में आज बार कांउसिल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय लाला अमरचंद सूद की याद में अनुपातिकता सिद्धांत पर मानवाधिकार संतुलन विषय को लेकर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया भारतीय विधि परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी बतौर मुख्य वक्ता शरीक हुए इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त और अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे न्यायमूर्ति एके सीकरी ने अपने सम्बोधन में कहा कि संविधान में मानवाधिकार संतुलन से संबंधित कोई उल्लेख नही है लेकिन कानून के संरक्षण के लिए न्यायपालिका द्वारा इसे बतौर उपकरण तैयार किया गया है उन्होंने कहा कि ये सिद्धान्त न्यायालय को व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन बनाने को लेकर दिशा देता है प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वर्गीय लाला अमरचंद सूद के योगदान को याद करते हुए कहा कि सौ वर्ष की आयु तक वकालत के पेशे में निरंतर काम करते हुए उन्होंने समाज को काम के प्रति निष्ठा का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है

दौरा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीहडू उपतहसील क्षेत्र के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया दौरे के दौरान उन्होंने छपरोह बल्ह टीहरा रायपुर और परोईयां पंचायतों के विभिन्न गांवों में पहुंचकर मौके का जायजा लिया और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजने के निर्देश दिए ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राहत मैनुअल के तहत जो भी राशि बनेगी प्रभावित परिवारों को जल्द मुहैया करवाया जाएगा उन्होंने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र की सभी प्रभावित पेयजल योजनाओं को दुरूस्त के भी निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने रायपुर से पंजौधरी के लिए बनने वाले सम्पर्क मार्ग का भूमि पूजन भी किया धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मोहीं में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनीं

उन्होंने कहा कि विरोधी हमेशा भाजपा के विरूद्व दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने की राजनीति करते हैं धूमल ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के हर वर्ग हर समुदाय और हर धर्म का सम्मान करती है लक्ष्य राष्ट्रीय प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम लक्ष्य राज्य सरकार प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों जिला अस्पतालों और प्रथम रैफरल इकाईयों में प्रभावी ढंग से लागू करेगी ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरडी धीमान ने शिमला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य भिशन द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के दौरान दी

धीमान ने कहा कि लक्ष्य कार्यक्रम के माध्यम से हर माँ और उसके नवजात बच्चे की उचित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी कार्यशाला के दौरान राज्य की एक पहल सुरक्षा पर भी एक रिपोर्ट जारी की गई रैडक्रॉस मंडी जिला के थुनाग में एक दिवसीय रैडक्रॉस मेले का आयोजन किया गया जिसका शुभारम्भ राज्य रैडक्रॉस सोसायटी की उपाध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर ने किया डॉक्टर साधना ने कहा कि रैडक्रॉस संस्था दीन दुखियों असहायों और बेसहारों की सहायता में अग्रणी भूमिका निभा रही है उन्होंने साधन सम्पन्न लोगों से दान की प्रवृति को बढ़ावा देने का आहवान किया ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरित हो सकें